सीएए अधिसूचना नागरिकता संशोधन कानून कल दस जनवरी से लागू हो गया है केन्द्र सरकार ने इस बारे में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है कानून के अनुसार पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के इकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत में आने को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी अल्पसंख्यक समुदायों हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन कानून केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि पूरे देश के भीतर नागरिकता संशोधन कानून की सराहना हो रही है नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे श्री चौधरी आज धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत में आकर वर्षों से निवासरत् लोगों को नागरिकता देने के लिए यह कानून बनाया गया है लेकिन विपक्ष इस कानून को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहा है वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर कृष्णमूति बांधी ने आज जांजगीर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तीन देशों से भारत में आकर बसे लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है जिसका देशभर में समर्थन देखने को मिल रहा है

इस दौरान लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसके तहत विभिन्न जिलों में आज दोपहिया रैली निकाली गई कोरिया जिले के बैकुंठपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत वाहन चालकों के लिए नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया इधर बालोद जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सड़क सप्ताह अभियान में लगे प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया वहीं दूर्ग जिले के नेहरू नगर भिलाई में कलेक्टर अंकित आनंद ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया

बिलासपुर में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरूआत हेलमेट रैली निकालकर की गई विधायक शैलेष पांडे और महापौर रामशरण यादव ने इस रैली को रवाना किया इसी तरह मुंगेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कल बारह जनवरी से राजधानी रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा चौदह जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि महोत्सव में प्रदेश से करीब सात हजार प्रतिभागी शामिल होंगे उनके ठहरने के लिए बत्तीस विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई है महोत्सव में शास्त्रीय संगीत और नृत्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी महोत्सव में युवाओं के लिए सैंतीस विधाओं में आठ सौ इक्कीस विविध कार्यक्रम होंगे इनमें मुख्य रूप से पारंपरिक लोक नृत्य लोकगीत एकांकी नाटक क्विज चित्रकला निबंध तत्कालिक भाषण और छत्तीसगढ़ी परिधानों पर आधारित फैशन प्रतियोगिता शामिल हैं इसके अलावा छत्तीसगढ़ी व्यंजनो पर आधारित फूड फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा सड़क मंजूरी प्रदेश के माओवाद प्रभावित आठ जिलों में एक हजार दो सौ चालीस किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा इन सड़कों के निर्माण में छह सौ अड़तीस करोड़ रूपये की लागत आएगी कल नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इसकी सहमति दी गई सड़कों के निर्माण पर केन्द्र साठ प्रतिशत और राज्य सरकार चालीस प्रतिशत की राशि वहन करेगी पंचायत चुनाव प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में उनहत्तर हजार छह सौ इंक्यानवे पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है इनमें पंच के उनहत्तर हजार चौहत्तर सरपंच के पांच सौ इक्कीस जनपद पंचायत सदस्य के पंचानवे और जिला पंचायत सदस्य का एक पद शामिल है राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत क्ल एक लाख तीन हजार नौ सौ एक पदों के लिए तीन चरणों में अट्ठाईस और इकतीस जनवरी तथा तीन फरवरी को मतदान होगा इस चुनाव में कुल दो लाख छियासी हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं इनमें पंच पद के लिए दो लाख तेईस हजार सात सौ सैंतीस सरपंच पद के लिए अड़तालीस हजार चार सौ बारह जनपद सदस्य के लिए बारह हजार तीन सौ बीस और जिला पंचायत सदस्य के लिए एक हजार नौ सौ पांच उम्मीदवार शामिल हैं स्तन रोग अधिवेशन स्तन संबंधी बीमारियों के इलाज और प्रबंधन पर रायपुर में आयोजित अधिवेशन में देश के जाने माने विशेषज्ञों ने स्तन रोग और उसके प्रबंधन की बदलती प्रवृत्तियों पर वैज्ञानिक शोध और व्याख्यान प्रस्तुत किए आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एके चंद्राकर ने उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं स्तन संबंधी समस्याओं के बारे में परिजनों और डॉक्टरों के साथ चर्चा करने में संकोच महसूस करती हैं डॉक्टरों का कर्तव्य है कि वे महिलाओं में जागरूकता पैदा कर उनकी इस झिझक को दूर करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन ने बताया कि हर गांठ कैंसर नहीं होती इसकी जांच से कैंसर का पता चलता है आज चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे पहुंच चुका है और इससे रोग के नियंत्रण में सफलता भी मिल रही है स्कूल समय परिवर्तन रायपुर जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूल लगने के समय में किए गए परिवर्तन की अवधि को पंद्रह जनवरी तक बढ़ा दिया गया है दो पालियों में संचालित स्कूलों में कनिष्ठ विद्यालयों का समय सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक और वरिष्ठ विद्यालयों का समय दोपहर पौने एक बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है वहीं एक पाली में संचालित स्कूल का समय सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक रहेगा शास्त्री प्ण्यतिथि देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री को उनकी चौव्वनवीं पृण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दे रहा है वर्ष उन्नीस सौ पैंसठ के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनका निधन हुआ था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है लोकवाणी मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की छठवीं कड़ी का प्रसारण कल बारह जनवरी को होगा लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा लोकवाणी में इस बार का विषय सेवा का एक साल रखा गया है जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट़ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायप्र केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में नारायणपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी रेलवे जम्बोरेट कैम्प दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मेजबानी में बिलासपुर में आयोजित भारत स्काउट गाईड के उन्नीसवां अखिल भारतीय रेलवे जम्बोरेट कैम्प के अंतिम दिन अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए इसमें सभी जोन के बच्चों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर पुरस्कारों की भी घोषणा की गई जिसमें ओवरऑल चैंपियन का खिताब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जीता संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्य शासन ने राष्ट्रीय एकता कन्वेंशन के सुचारू संचालन और मार्गदर्शन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में दस सदस्यीय आयोजन समिति गठित की है छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा इस साल प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए कल बारह जनवरी को रायपुर में कुर्राह का आयोजन किया जाएगा कोरबा जिले में कटघोरा थाना क्षेत्र के चंदनपुर के पास चारपहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौत हो गई जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा कल से चौदह जनवरी तक साईस कॉलेज मैदान में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा